केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर कहा है कि जम्मू कश्मीर हमेशा के लिए केन्द्र शासित प्रदेश नहीं रहेगा उन्होंने कहा कि सुरक्षा की स्थिति में सुधार होने के बाद इसे दोबारा पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जायेगा नई दिल्ली में एक समारोह को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि लोगों की भलाई के लिए कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं उन्होंने कहा कि अनुच्छेद तीन सौ सत्तर समाप्त किए जाने के बाद वहां एक भी गोली नहीं चलाई गई है और न ही किसी की मौत हुई है गृह मंत्री ने कहा कि अनुच्छेद तीन सौ सत्तर का दुरूपयोग ही सीमा पार आतंकवाद का मूल कारण है असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का उल्लेख करते हुए अमित शाह ने कहा कि यह राष्ट्र की सुरक्षा और सुशासन के लिए आवश्यक था उन्होंने कहा कि एन आर सी को एक संवैधानिक आवश्यकता के रूप में देखा जाना चाहिए स्विस बैंकों में जमा भारतीयों की रकम के ब्यौरे की पहली सूची भारत को मिल गई है दोनों देशों के बीच सूचना के स्वतरू आदान प्रदान समझौते के तहत यह जानकारी मिली है इसे विदेशों में जमा कालेधन के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है स्विटजरलैंड के संघीय कर प्रशासन ने बताया कि भारत उन पचहत्तर देशों में शामिल है जिनके साथ स्विटजरलैंड ने वैश्विक मानकों के अनुसार वित्तीय खातों की जानकारी देना स्वीकार किया है आयकर रिटर्न का ऑनलाईन आकलन करने के लिए ई आकलन केन्द्र काम करने लगे हैं नयी व्यवस्था में आयकर के नियमित आकलन के लिए करदाताओं को अधिकारियों से मिलने की जरूरत नहीं होगी आयकर दाताओं की समस्याओं का समाधान पंजीकृत ईमेल और वेब पोर्टल के जरिए किया जायेगा साथ ही इस संबंध में सभी सूचनाएं करदाता के पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर भी भेजी जायेंगी राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय ने राष्ट्रीय ई आकलन केन्द्र और क्षत्रीय ई आकलन केन्द्र का उदघाटन करते हुए कहा कि यह करदाताओं की शिकायतों के निपटारे दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है गंगा पुनपुन महानंदा और बागमती नदी के जलस्तर में कमी आने से प्रदेश के बाढ़ प्रभावित पन्द्रह जिलों की स्थिति में मामूली सुधार हुआ है पुनपुन नदी का जलस्तर लगातार घट रहा है लेकिन यह अब भी श्रीपालपुर में खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है पुनपुन के उफान के कारण पटना सदर पुनपुन धनरूआ पालीगंज संपतचक और फूलवारीशरीफ प्रखंड की पच्चीस पंचायतों के एक लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि राज्य में बाढ़ से पन्द्रह जिलों के पंचानवे प्रखंडों की चौदह सौ से अधिक गांवों की लगभग इक्कीस लाख की आबादी प्रभावित हुई है पूरे प्रदेश में बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में अब तक कम से कम संतानवे लोगों की मौत हो चुकी है पटना के जल जमाव वाले क्षेत्रों में पानी कम होने के बावजूद लोगों की परेशानियां कम नहीं हुई है कई इलाकों में अभी भी पानी लगा हुआ है राजेन्द्र नगर और कंकड़बाग के कुछ हिस्सों के साथ ही गर्दनीबाग सरिस्ताबाद खेमनीचक और दानापुर के कुछ इलाकों में अब भी जल जमाव है पानी सड़ने के कारण इन इलाकों में लोग जल जनित संक्रामक बीमारियों से पीड़ित होने लगे हैं पटना सहित प्रदेश के अन्य हिस्सों में डेंगू और चिकुनगुनिया के मामलों में लगातार बढोत्तरी जारी है बाढ़ से प्रभावित और जल जमाव वाले क्षेत्रों से इन बीमारियों के ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं पटना के साथ साथ सीवान गया सारण पश्चिम चम्पारण पूर्वी चम्पारण भागलपुर कटिहार नवादा और नालंदा जिलों में सबसे अधिक प्रकोप देखा जा रहा है पटना के विभिन्न अस्पतालों में डेंगू के एक हजार से अधिक मरीज इलाज करा रहे हैं पीएमसीएच अस्पताल में हर दिन लगभग सौ मरीजों का इलाज किया जा रहा है अन्य जिलों में भी सैंकड़ों मरीज विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं राज्य सरकार बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुए सड़कों घरों और कृषि नुकसान का आकलन करायेगी सर्वे के दौरान यह देखा जायेगा कि इस साल दो बार आयी बाढ़ भारी बारिश और तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं मे इनको कितना नुकसान पहुंचा है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और लोहिया स्वच्छ अभियान बिहार के तहत बनाये गये शौचालयों की भी जानकारी ली जायेगी सूत्रों के अनुसार पिछले तीन माह में आयी बाढ़ और वर्षा के कारण लगभग पन्द्रह से अधिक जिलों में काफी नुकसान हुआ है विजयदशमी और दशहरे का पर्व आज पारंपरिक हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है यह दिन अहंकार की पराजय तथा बुराई पर अच्छाई असत्य पर सत्य और अन्याय पर न्याय की विजय का प्रतीक है नौ दिन के नवरात्र अनुष्ठान में शक्ति उपासना के बाद भगवान राम ने विजयदशमी पर रावण का वध किया था इसके प्रतीक स्वरूप विभिन्न भागों में आज शाम रावण दहन का कार्यक्रम पारम्परिक आस्था और विश्वास के साथ सम्पन्न होगा देश भर में इस अवसर पर विशेष आयोजन में रावण मेघनाद और कुम्भकर्ण के पुतले जलाए जायेंगे इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति वैंकेया नायड् और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी है राज्यपाल फागु चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों को दशहरा की शुभकामनाएं दी हैं इधर राजधानी पटना के गांधी मैदान में आयोजित होने वाले रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतला दहन कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं शाम चार बजे से पुतला दहन कार्यक्रम शुरू होगा इसको लेकर गांधी मैदान में पहुंचने वाली भीड़ को व्यवस्थित बनाये रखने के लिए प्रशासन ने व्यापक प्रबंध किये हैं गांधी मैदान में प्रवेश के लिए दोपहर एक बजे सभी गेट खोल दिये जायेंगे गांधी मैदान में निगरानी के लिए वाच टावर लगाये गये हैं जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाये गये हैं जिसके माध्यम से भीड़ पर नजर रखी जायेगी प्रशासन ने किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पीएमसीएच समेत पटना के विभिन्न अस्पतालों को अलर्ट पर रखा है अग्निशमन विभाग सहित अन्य एजेंसियों को भी किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है इधर जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि पुतला दहन और मूर्ति विसर्जन को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किये गये हैं मॉ दुर्गा की मूर्तियों के विसर्जन के साथ ही आज दुर्गा पूजा के तीन दिवसीय महानुष्ठान और नौ दिवसीय नवरात्रि का समापन हो जायेगा घरों और पूजा पंडालों में नौ दिनों से स्थापित कलश का भी आज ही विसर्जन होगा आज सुबह से मां दुर्गा की मूर्तियों और कलश के विसर्जन का क्रम शुरू हो रहा है जो देर रात तक चलेगा इस वर्ष गंगा नदी में मूर्ति विसर्जन नहीं होगा इसके लिए गंगा घाटों पर अस्थायी तालाब बनाये गये हैं एनजीटी के निर्देश के बाद गंगा में मूर्ति विसर्जन नहीं करने का फैसला लिया गया जो लोग प्रशासन के आदेश के विपरीत गंगा नदी में मूर्ति विसर्जन का प्रयास करेंगे उन पर एफ आई आर दर्ज होगा साथ ही पचास हजार रूपये जुर्माना भी वसूला जायेगा मूर्ति विसर्जन के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये हैं सीबीएसई के हाई स्कूल के छात्र अब गणित में दो अलग अलग विषयों में से एक का चुनाव कर परीक्षा दे सकेंगे वर्ष दो हजार बीस से सीबीएसई दसवीं बोर्ड में बेसिक और स्टैंर्ड गणित की दो परीक्षा लेगी इसके लिए छात्रों को परीक्षा फार्म भरते समय ही बेसिक और स्टैंर्ड गणित में से एक को विषय के रूप में चुनना होगा जो छात्र दसवीं में बेसिक गणित का विषय चुनेंगे वे ग्यारहवीं में गणित विषय नहीं ले सकेंगे उन्हें गणित विषय की परीक्षा देने के लिए फिर से कंपार्टमेंटल परीक्षा में शामिल होना होगा यह जानकारी देते हुए सीबीएसई के सिटी कॉआडिनेटर डॉक्टर राजीव रंजन ने बताया कि इस निर्णय से गणित में कमजोर छात्रों को काफी लाभ होगा